प्रदेश में बाढ़ की रिथति में कोई सुधार नहीं

राहत और बचाव कार्य जोरों पर

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही है वृद्धि

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी दस जिलों के चौंसठ प्रखंडों के चार सौ छब्बीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं लगभग आठ लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में हैं इन क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इक्कीस टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं लोगों को युद्धस्तर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है अब तक लगभग सैंतीस हजार लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है प्रभावित इलाकों में अट्ठाईस राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं जिसमें लगभग चौदह हजार लोग रह रहे हैं वहीं एक सौ बानवे सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है जहां अस्सी हजार से अधिक लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है इधर गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के देवापुर में रिंग बांध पर गंडक नदी के पानी का दबाव बढ़ने से सारण तटबंध टूट गया है इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है नदी में उफान से जादोपुर मंगलपुर महासेतु के आगे का एप्रोच रोड भी ध्वस्त हो गया है इससे गोपालगंज बेतिया पथ पर परिचालन ठप है पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि मंझौलिया में सिकरहना नदी का जमींदारी बांध ट्रट गया है जिससे ढाई हजार से अधिक परिवार बाढ़ से घिर गये हैं वाल्मीकी नगर बराज से दो लाख अठारह हजार क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़े जाने के बाद बैरिया के चम्पारण बांध में रिसाव होने लगा है नदी का पानी वाल्मीकी नगर ठकराहा भितहा और नौतन प्रखंड के दो दर्जन से अधिक गांवों में प्रवेश कर चुका है वहीं सिकरहना नदी का पानी चनपटिया और लौरिया के तीन दर्जन से अधिक गांवों में फैल गया है लौरिया रामनगर और लौरिया नरकटियागंज पथ पर आवागमन ठप है द्रसरी तरफ बेतिया सिकटा मैंनाटांड़ पथ पर तीन फीट तक पानी का बहाव हो रहा है पूर्वी चम्पारण जिले के रामगढ़वा के पखनहिया पंचायत के कालिकापुर में तिलावे नदी पर बना बांध लगभग बीस फीट में ट्रट गया है जिससे सैकड़ों एकड़ में लगी फसल ड्रब गयी है मुजफ्फरपुर जिले के पारू और साहेबगंज की दो दर्जन से अधिक पंचायतों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर चुका है वहीं दरभंगा में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी का पानी शहर के उत्तरी इलाकों में प्रवेश कर चुका है नीमा बांध और सतीस्थान के दोनों ओर पानी का तेज बहाव हो रहा है मुरली मनोहर मोहल्ला से बख्तौरगंज जाने वाली सड़क पूरी तरह डूब गयी है सिमरा में बांध टूट जाने से नेहापुर शुभंकरपुर मुख्य पथ पर पानी का तेज बहाव हो रहा है यहां आवागमन प्री तरह ठप है मध्रबनी और शिवहर में भी बाढ़ की रिथति जस की तस बनी हुई है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लखनदेई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से शहर के मौनीबाबा आश्रम पुरूषोत्तमनगर और कृष्णानगर समेत कई बस्तियों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं जिले बाजपट्टी प्रखंड में बागमती नदी के तटबंधों में कटाव से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है बेलसंड प्रखंड के परसौनी स्थित जीरोमाईल के पास सड़क पर दो फीट तक पानी का बहाव हो रहा है किशनगंज अररिया खगड़िया सहरसा सुपौल और मधेपुरा जिले में भी बाढ़ की स्थिति गम्भीर बनी हुई है राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को छह छह हजार रूपये सहायता राशि देने का फैसला किया है आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी जिलों को प्रभावित परिवारों की सूची बनाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण जिनके घर क्षतिग्रस्त हुये हैं सरकार उन्हें भी सहायता उपलब्ध करायेगी श्री अमृत ने बताया कि फसलों को हुई क्षति और पशुओं की मौत पर भी सहायता मिलेगी नेपाल और प्रदेश में हो रही लगातार वर्षा से प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है कोसी बागमती कमला बलान महानंदा घाघरा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में लाल निशान से एक सौ चौरासी सेंटीमीटर ऊपर है वहीं गंडक नदी रेवा घाट में सात सेंटीमीटर और डुमरिया घाट में खतरे के निशान से एक सौ पचास सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गयी है पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से इक्कीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट पर अड़तालीस दशमलव तीन चार मीटर पर पहुंच गया है बागमती नदी मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से तीन मीटर से ऊपर चली गयी है दरभंगा के हायाघाट में नदी खतरे के निशान से अड़सठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है ब्रुढ़ी गंडक रोसड़ा रेल पुल के पास लाल निशान से एक मीटर और समस्तीपुर रेल पुल के पास इकतालीस सेंटीमीटर ऊपर है प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता अभी भी बनी हुई है मौसम विभाग ने सत्ताईस जूलाई तक कई स्थानों पर बारिश के साथ वजपात की चेतावनी जारी की है मौसम वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि मॉनसून की ट्रफ लाईन गया से गुजर रही है इससे गंगा के मैदानी क्षेत्रों के साथ ही गया पटना वैशाली लखीसराय बेगूसराय बांका और भागलपूर में मध्यम से भारी बारिश की सम्भावना है पिछले चौबीस घंटे में सबसे अधिक एक सौ बीस मिलीमीटर बारिश सीतामढ़ी के बैरगनिया में दर्ज की गयी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है एक हजार छह सौ पच्चीस नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर इकतीस हजार छह सौ इक्यानवे हो गई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक तीन सौ सात लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इस महामारी से राज्य में अब तक लगभग इक्कीस हजार लोग ठीक हो चुके हैं वहीं साढ़े दस हजार लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियासठ दशमलव एक चार प्रतिशत हो गयी है वहीं पिछले चौबीस घंटे में इस महामारी से चार लोगों की मौत हुई है प्रदेश के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लेकर कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए पांच हजार अतिक्ति बेड की व्यवस्था की जायेगी उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में आदेश दिया वर्तमान में इन अस्पतालों में आठ हजार बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित हैं मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी जिलों में कोविड उन्नीस की त्वरित जांच की सुविधा के लिये एक लाख रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भेजे गये हैं उन्होंने बताया कि चौबीस घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि कोविड उन्नीस से जिन मरीजों की मृत्यु हुई है उनका शव दो से तीन घंटे के भीतर अस्पताल से हटा लिया जायेगा पटना के एनएमसीएच के निरीक्षण के बाद श्री पांडेय ने बताया कि अस्पताल के गेट पर जल्द ही एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जायेगी जहां मरीजों के परिजनों को सभी सूचनाएं दी जायेंगी इधर पटना जिला प्रशासन ने कोरोना से मृत लोगों के अंतिम संस्कार के लिए एक कमिटी का गठन किया है जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि यह समिति अस्पताल प्रबंधन से समन्वय बनाकर शवों का अंतिम संस्कार सुनिश्चित करेगी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हये प्रदेश के सभी ग्राम कचहरी बंद रहेंगे सरपंच संघ की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया कोविड उन्नीस से संक्रमित पुलिस कर्मियों के उपचार के लिए हर जिले में विशेष वाहन उपलब्ध रहेगा एडीजीपी मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने यह जानकारी दी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य सरकार के साथ वार्ता के बाद काम पर लौटने का निर्णय किया है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के संघ के अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुये यह फैसला किया गया पटना एम्स में निजी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं ये सभी वेतन वृद्धि समेत कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियाती उपाय सुनिश्चित किये जाने की मांग कर रहे हैं पीएमसीएच के तीन और आईजीआईएमएस के एक डॉक्टर समेत तैंतालीस चिकित्सा कर्मियों में कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई है इधर पटना के बाढ़ स्थित एनटीपीसी थाने में तैनात पांच पुलिस कर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं पटना जिला प्रशासन ने होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को ऑडियो और वीडियो माध्यमों से परामर्श उपलब्ध कराने का फैसला किया है जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक नौ शून्य नौ शून्य पर सम्पर्क कर सलाह ली जा सकती है निर्वाचन आयोग ने कोरोना और बाढ़ को देखते हुये वाल्मीकी नगर लोक सभा सीट पर उप चुनाव को स्थगित कर दिया है इसके साथ ही छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उप चूनाव सात सितम्बर तक के लिये टाल दिये गये हैं चूनाव आयोग आज नये सिरे से चूनाव कार्यक्रम निर्धारित करेगा निर्वाचन कानून के अनुसार आयोग को किसी सीट के रिक्त होने पर छह महीने के भीतर उप चुनाव कराना होता है गौरतलब है कि वाल्मीकी नगर से सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का इस साल फरवरी महीने में निधन हो गया था जिसके बाद से यह सीट खाली है कोरोना संकट को देखते हुये बिहार विधान मंडल का मॉनसून सत्र इस बार विधान मंडल परिसर में नहीं होगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से बैठक विधान मंडल परिसर स्थित किसी भवन में सम्भव नहीं है उन्होंने बताया कि सरकार को मॉनसून सत्र के लिए दूसरी जगह तलाशने का अनुरोध किया गया है श्री चौधरी ने बताया कि इस मामले में अंतिम फैसला सरकार के स्तर से होगा राज्य सरकार ने कहा है कि सोलह से इकतीस जुलाई तक लागू लॉकडाउन की अवधि में सभी नियमित और संविदा कर्मियों को पूरा वेतन दिया जायेगा आउटसोर्स कर्मचारियों को भी पूरा वेतन मिलेगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो कर्मी कार्यालय नहीं आ पा रहे हैं उन्हें उपस्थित माना जायेगा केन्द्र ने राज्य सरकारों को दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने का निर्देश दिया है खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि योजना में शामिल होने वाले और इनकी प्राथमिकता के बारे में राज्य सरकार फैसला करेगी दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत प्रतिमाह प्रति परिवार पैंतीस किलोग्राम अनाज मिलेगा केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य केन्द्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा में न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी है मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुये यह फैसला किया गया है राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के कार्यकलाप की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि यह समिति सभी स्तर के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी पचास वर्ष या उससे अधिक उम्र के सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों की कार्य दक्षता नियमानुकुल नहीं पाये जाने पर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी संविदा पर कार्यरत कर्मियों पर यह नियम लागू नहीं होगा राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दीपक प्रसाद की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आदेश जारी कर दिया है उनकी जगह पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण और प्रभात खबर ने कोविड मरीजों के लिए पांच हजार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है स्कूली कक्षा के सिलेबस पैंतीस प्रतिशत तक घटाये जायेंगे एससीईआरटी को मिला जिम्मा दैनिक आज ने बाढ़ से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हये लिखा है चम्पारण में दो बांध टूटे सिकरहना में जमींदारी बांध टूटने से सैकड़ों परिवार प्रभावित राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की रिथति में कोई सुधार नहीं

राहत और बचाव कार्य जोरों पर

राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से हो रही है वृद्धि